प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि सभी राज्य और लोग लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण अपनाने पर ही स्थिति से बेहतर ढंग से निपटने में मदद मिली है उन्होंने कहा कि अब सभी हॉट स्पॉट व चिन्हित क्षेत्रों में अधिक सतर्कता बरती जाएगी तथा लॉकडाउन का और सख्ती से पालन किया जायेगा ताकि यह संक्रमण नए क्षेत्रों में न फैल सके

प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके बाद जिन राज्यों में हॉट स्पॉट नहीं होंगे वहां कुछ शर्तों के साथ महत्वपूर्ण गतिविधियों की अनुमति दी जायेगी उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार कल विस्तृंत दिशा निर्देश जारी करेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि नये दिशा निर्देश बनाते समय गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है

उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव के लिए लगाए जा रहे लॉकडाउन का प्रदेशवासियों से पहले की तरह पालन करने का आग्रह किया है

इस संबंध में आज अधिसूचना भी जारी कर दी गई है

राज्यपाल बंड़ारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक में बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पाजंलि अर्पित की राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि भीमराव अंबेदकर ने सामाज के कमजोर व शोषित वर्गो के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज नगर निगम महापौर सत्या कौंडल और उपायुक्त अमित कश्यप ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेदकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन में भीमराव के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए

उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए ज़रूरतमंदों को खाद्यान्न सामग्री का वितरण प्रशासन के माध्यम से किया जाना चाहिए

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि पार्टी के निर्देशानुसार प्रवासी मजदूरों को भी राहत सामग्री पहुंचाने में भाजपा कार्यकर्ता प्राथमिकता के आधार पर जुटे हैं

ये संदेश आकाशवाणी को हमीरपुर और धर्मशाला केन्द्रों से भी रिले किया जाएगा